आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जोर संदिग्धों की जांच कराने उनका पता लगाने उन्हें विशेष निगरानी में रखने और क्वारेंटाइन पर रखे जाने पर दिया जाना चाहिए श्री मोदी ने राज्यों से कहा कि ये डॉक्टरों की उपलब्यता बढ़ाने के लिये आयुष चिकित्सिकों के संसाधन का उपयोग करें ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करें और पैरा मेडिकल स्टाफ एनसीसी और एनएसएस स्वयंसेवकों की मदद लें प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंकों में भीड़ से बचने के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों के लिये धन छिटपुट रूप से जारी किया जाना जरूरी है प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लोग छिटपुट रूप से ही इलाके से बाहर जायें श्री मोदी ने इसके लिये राज्यों से सुझाव भी आमंत्रित किये इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से बचाव और नियंत्रण की वर्तमान स्थिति तथा लॉकडाउन के दौरान आम जनता और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के उपायों की जानकारी दी अभी अभी खबर मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह नौ बजे देशवासियों के नाम संदेश देंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे कल देशवासियों के साथ एक वीडियो संदेश साझा करेंगे कोरोना लॉकडाउन कोरोना वायरस से बचाव के लिए केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को पूरी तरह से लागू करवाया जाए राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि कुछ राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में लॉकडाउन के तहत दी गई छूटों से अधिक रियायतें दी जा रही हैं उन्होंने कहा कि यह कोरोना वायरस के फैलाव पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन का उल्लंघन है इधर देश में कोरोना वायरस संक्रमण के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ने पर केन्द्र सरकार ने राज्यों से संदिग्ध पीडितों की तलाश के लिए गहन अभियान चलाने का निर्देश दिया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान धार्मिक आयोजनों में भाग नहीं लेने की अपील की है वहीं केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने राज्यों को तबलीगी जमात में शामिल लोगों के संपर्क में आये व्यक्तियों का तेजी से पता लगाने को कहा है उन्होंने कहा कि इस घटना से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ गया है कोरोना सीबीएसई केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर दसवीं और बारहवीं के छात्रों की केवल उनतीस मुख्य विषयों की ही परीक्षा लेने का निर्णय लिया है ये विषय ऐसे हैं जो छात्रों को उत्तीर्ण घोषित किये जाने और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए जरूरी हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि बाकी के विषयों के लिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं नहीं लेगा गौरतलब है कि मंत्रालय ने सीबीएसई को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के मद्देनजर पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी छात्रों को अगली कक्षा के लिए जनरल प्रमोशन दे दिया जाए वहीं नौवीं और ग्याहरवीं के छात्रों को भी पाठ्यक्रम केंद्रित मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा के लिए उतीर्ण मान लिया जाए पाठ्यक्रम केंद्रित मूल्यांकन में छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से भाग ले सकते हैं कोरोना दूरसंचार एप्लीकेशन दूरसंचार विभाग और सी डॉट ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सहयोग से एक ऐसा एप्लीकेशन विकसित किया है जो किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के क्वारंटीन के स्थान से कहीं और जाने पर स्वतः ईमेल या एसएमएस भेज सकता है इसे कोविड क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम का नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राज्य सरकारों की एजेंसियों से कहा है कि वे इस प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं

इस संबंध में विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह ने इन लोगों को संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क कर अपनी यात्रा की जानकारी देने की अपील की है उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस से पीड़ित मिले अब तक नौ मरीजों में से आठ मरीज ऐसे है जो विदेश यात्रा से लौटे हैं श्रीमती सिंह ने कहा कि एक मार्च के बाद विदेशों से छत्तीसगढ़ आने वालों की संख्या दो हजार पचासी है जिसकी जिलेवार सूची तैयार कर कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भेज दी गई है इस बीच बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कोरोना पीड़ित महिला मरीज को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है इससे पहले दो अन्य मरीज जो रायपुर के एम्स अस्पताल में भर्ती थे उन्हें भी स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी फिलहाल प्रदेश में कुछ छह कोरोना संक्रमित मरीजों को एम्स रायपुर में इलाज चल रहा है

इससे पालकों को बड़ी राहत मिली है लोक शिक्षण संचालक ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि लॉकडाउन की अवधि में छात्रों को स्कूल फीस शिक्षा जमा करने के लिए दबाव डालना उचित नहीं है इसलिए इस स्थिति में छात्रों से फीस की वसूली स्थगित रखी जाए इस बीच लॉकडाउन के कारण प्रदेश के बंद पड़े सभी स्कूलों में छात्रों को ऑनलाइन अध्यापन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों प्राचार्यो और सभी जिला मिशन समन्वयकों को निर्देशित किया है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाए साथ ही कुशल शिक्षकों तथा व्याख्याताओं की सूची तैयार कर उन्हें शैक्षणिक वीडियो तैयार करने के लिए कहा जाए कोरोना वेतन कटौती राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से किसी प्रकार की कटौती नहीं करने का निर्णय लिया है सरकार ने प्रदेश के सभी निजी औद्योगिक और व्यापारिक संस्थानों से भी यह कहा है कि वे लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मियों के वेतन में कटौती नहीं करें यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से आर्थिक योगदान देना चाहे तो वह कर सकता है इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सरकार के अधिकारी कर्मचारी स्वेच्छा से संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपना योगदान दे सकते हैं

कोरोना से जंग जनता के संग नाम का यह विशेष कार्यक्रम हर सप्ताह शुक्रवार और मंगलवार को सुबह साढ़े दस बजे से प्रसारित किया जाएगा यह कार्यक्रम आधे घंटे का होगा जिसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के साथ ही आम लोगों की सहायता के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी जाएगी कल इस कार्यक्रम की पहली कड़ी सुबह साढ़े दस बजे से प्रसारित की जाएगी इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे कोरोना मुख्यमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ी भाषा में पत्र लिखकर कहा है कि संकट की इस घड़ी में आप लोगों को गंभीर जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है उन्होंने पत्र में कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुद का और केन्द्र से जुड़े बच्चे तथा उनकी माताओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें साथ ही इन सभी को पोषण आहार उपलब्ध कराएं उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में लगने वाली भीड़ से बचने के लिए कार्यकर्ता पोषण आहार को घर घर तक पहुंचाएं और रेडी टू ईंट बनाने वालों को भी साफ सफाई के साथ दूरी बनाकर कार्य करने की सलाह दें मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो इसकी सूचना तुरंत अपने विभाग के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग को दें कोरोना वक्फ बोर्ड अपील राज्य वक्फ बोर्ड ने समस्त मुस्लिम समाज से अपने घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की है बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी ने कहा है कि आने वाली शबे बारात में भी लोग घरों पर रहकर ही तमाम रस्मों को अदा करें साथ ही उन्होंने समाज के लोगों से अपील की है कि वे कोशिश करें कि कब्रिस्तान और दरगाहों में भीड़ न इकट्ठा हो श्री रिजवी ने कहा है कि ऐसे अवसर पर घर से निकलना और भीड़ में जाना परिवार के सदस्यों के लिए घातक हो सकता है

भिलाई में कोहका की एक मस्जिद में रह रहे महाराष्ट्र के सात लोगों को चिखली स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में दाखिल कराया गया है वहीं दुर्ग जिले की पुलिस ने स्टे होम स्टे हेल्दी और स्टे फिट योजना की शुरूआत की है इसके जरिये लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है इस बीच अंबिकापुर में एक होटल मालिक के खिलाफ पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है बताया जाता है कि इस होटल में बीते पच्चीस फरवरी से तेईस मार्च तक विदेश से आया व्यक्ति ठहरा था जिसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी गई वहीं राजनांदगांव जिले में कोरोना से बचाव के लिए सीमावर्ती इलाकों के अलावा शहर की सरहद को भी बंद कर दिया गया है लॉकडाउन के नौवें दिन आज राजनांदगांव को बालोद से जोड़ने वाले रास्ते को प्रशासन ने सील कर दिया वहीं कुआं चौक से मोहारा जाने वाली सड़क पर बैरीकेड लगाकर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है इधर जांजगीर चांपा जिले में लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर तहसील में अनाज बैंक की स्थापना की जा रही है इस बैंक में संपन्न और समर्थ लोगों से अनाज दान करने की अपील की गई है उधर बलौदाबाजार भाटापारा जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को सकूशल उसके घर भिलाई पहुंचाया गया साथ ही जिला अस्पताल को कोविड अस्पताल में परिवर्तित किया गया है

साथ ही पैरिस से लौटी महिला की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है इसके अलावा विभिन्न राज्यों से वापस लौटे तीन सौ अट्ढारह लोगों को होम आईसोलेशन में रखा गया है उधर रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केन्द्र संगठन के कार्यकर्ता गांव गांव जाकर पोस्टरों के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं साथ ही कई गांवों में लोगों ने पोस्टर लगाकर बाहरी व्यक्तियों के आने पर रोक लगा दी है साथ ही बाहर से आने वाले मजदूरों की जानकारी भी पुलिस को दी जा रही है इधर मुंगेली जिले में कृषि उपज मण्डी में दुकानदारों के स्टॉलों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखी गई है साथ ही पार्किंग स्थल को भी मण्डी स्थल से दूर बनाया गया है उधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल द्वारा लॉकडाउन के दौरान देश के अन्य राज्यों में जरूरी सामानों की आपूर्ति करने के लिए लगातार मालगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है आज ही अलकतरा गुड्स शेड से बयालीस वैगन के माध्यम से लगभग ढाई हजार टन चावल धनबाद के लिए रवाना किया गया है कोरोना एनटीपीसी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी भी छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मदद देने में अपनी महती भूमिका निभा रहा है इसके तहत एनटीपीसी की सीपत इकाई द्वारा जिला प्रशासन को मास्क सैनिटाईजर और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों के लिए पच्चीस लाख रूपये की सहायता दी गई है वहीं एनटीपीसी की कोरबा इकाई ने लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ी मजद्रों सीमांत विक्रेताओं और जरूरतमंद लोगों को भोजन तथा अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला कोविड राहत कोष में दस लाख रूपये का योगदान दिया है इसी तरह एनटीपीसी रायगढ़ द्वारा जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन को संयंत्र के वाहन उपलब्ध कराए गए हैं इसके अलावा एनटीपीसी ने ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर पीएम केयर फंड को नौ सौ पच्चीस करोड़ रूपये का योगदान देने का निर्णय लिया है

इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में रामजानकी का श्रृंगार कर विशेष प्रजा अर्चना की गई गौरतलब है कि देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर श्रद्वालुओं ने अपने घर पर रहकर ही पूजा अर्चना की राज्य सरकार ने बीते एक अप्रैल तक लॉकडाउन से प्रभावित साढ़े ग्यार हजार से अधिक मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे हैं उन्हें विभिन्न माध्यमों से सहायता पहुंचाई गई है प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की चौदह महिलाएं मास्क निर्माण के कार्य में लगी हैं इन्होंने अब तक पांच हजार से अधिक मास्क तैयार कर लिए हैं साथ ही दो हजार से अधिक लोगों को मास्क का वितरण भी किया गया है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश के तीन लाख पंद्रह हजार हितग्राहियों को इक्कीस दिन का सूखा राशन दिया जा रहा है